स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस बारे में आदेश जारी किया गया है संविधान की प्रस्तावना का वाचन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रार्थना के बाद तथा हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाल सभा के बाद होगा

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जनता की राय मानना सरकार का दायित्व होता है उन्होंने कहा कि यदि जनता सीएए के विरोध में सड़कों पर है तो आपको सभी से चर्चा कर इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिये

इसमें राज्य के जनजातीय जीवन परंपरा कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया है झांकी के अगले हिस्से में गाँड जनजाति के रहन सहन को दिखाया गया है वहीं मध्य भाग में नर्मदा की उत्पत्ति की कथा को चित्रित किया गया है झांकी के अंतिम भाग में कोरकू जनजाति का रहन सहन प्रस्तुत किया गया है

वहीं टीकमगढ जिले में भी फाइलेरिया से बचाव के तौर तरीके बताए गए एवं लोगों में दवाएं वितरित की गई

कटनी जिला अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई

बैतूल के शासकीय जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय में नारे लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई वहीं खंडवा जिले में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निःशुल्क मेगा आयुष स्वास्थ्य शिविर कल सिविल अस्पताल के सामने ओंकारेश्वर में आयोजित होगा

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

इस अवसर पर इंदौर नरसिंहपुर अनूपपुर भोपाल सहित प्रदेशभर में उनको श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा गये कई जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाये गये हैं भोपाल के शहीद भवन में सुभाष की कहानी नाटक का मंचन हुआ वहीं जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में शाम को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने विशेष किओस्क सिस्टम एवं नवनिर्मित कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया इस सिस्टम के शुरू होने के बाद प्रदेश की जेलों में बंदियों को उनके खिलाफ अदालतों में लंबित प्रकरणों की जानकारी स्वतः प्राप्त हो पाएगी इटारसी और पिपरिया में विभिन्न संगठनों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की देवास में सयाजी द्वार पर स्थित सुभाष प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए

इसी तारतम्य में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आज ददरी गाँव में एक कुपोषित बच्चे राजवीर के घर जाकर उसके अभिभावकों से मुलाकात की उन्होंने परिजनों से कुपोषित बालक को एनआरसी में भर्ती करानें को कहा

जिला प्रशासन ने जिले में छह माह तक एक विशेष अभियान संचालित कर जिले को कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज ठंड पडने का अनुमान जताया है इसके साथ ही प्रदेष के कई क्षेत्रों में बारिष भी हुई

वहीं बालाघाट मंडला डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है

बच्चों ने संग्रहालय में निर्मित दीर्घाओं में मध्यप्रदेश के जनजातीय जीवन कलाबोध देवलोक खेल दीर्घाओं का भ्रमण किया

उनके आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

मध्यप्रदेष सरकार ने सरकारी खर्चे पर उसे इलाज के लिए दिल्ली भेजा था

उन्हें जबलपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है

आज मांसाहारी प्राणियों की गणना का अन्तिम दिन था